एक ट्वीट के जरिए श्री खांड्र ने कहा कि स्रक्षा सबसे पहले

इस विडियों कॉनफ्रेंस में उप म्ख्यमंत्री चाऊना मेन राज्य स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग म्ख्य सचिव नरेश कुमार और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल थे

इस अभियान के अंतर्गत जिले के हर व्यक्ति को मास्क मुहेय्या किए जाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी इसके अतिरिक्त लोगो को घर पर बने मास्क का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा इस अवसर पर जिला उपाय्क्त ने लोगो को संबोधित करते हए कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस को रोकने में सक्रिय भुमिका निभा रही है और उन्होंने कहा कि लोगो को सरकार के निर्देशो का पालन करना चाहिए श्रीमती साचन ने कहा कि मास्क के अनिवार्य इस्तेमाल के लिए जल्द ही परामर्श जारी किया जाएगा जिला उपाय्क्त ने जमीन पर न थ्रकने पर जागरुकता फैलाने की जरुरत पर भी बल देते हए कहा कि इससे बीमारी के फैलने पर रोक लगेगी

उन्होंने चेतावनी दिया कि इस तरह के कार्य में लिप्त पाये जाने वालो के उपर उचित कार्रवाई की जाएगी लिगल मेट्रोलोजी एवं कन्जीय़मर अफेयरस विभाग ने शनिवार को नाहरलग़न क्षेत्र के विभिन्न थोक और ख्दरा व्यापारियों के परिसर पर अकस्मात निरीक्षण किया

इस पहल पर जानकारी देते हए सेकेंड इन कमांड हरीश चंद्र ने बताया की वे लोगो को घर घर जाकर कोरोना वायरस को रोकने के बारे में हैंड ग्लोब्स और मास्क पहनने के महत्व और सोशल डिस्टेसिंग इत्यादी पर जानकारी दे रहे है

विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एधेनोम गेब्रेयासिस ने जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन लॉकडाउन के तहत लागू प्रतिबंध हटाना चाहता है लेकिन जल्दी ऐसा करना खतरनाक होगा उन्होंने कहा कि संगठन संक्रमणग्रस्त देशों के साथ स्रक्षित और चरणबद्व ढंग से प्रतिबंध हटाए जाने की दिशा में काम कर रहा है पूरे विश्व में इस महामारी से मरने वालों की संख्या एक लाख से ऊपर हो च्की है सोलह लाख से भी अधिक लोग संक्रमण से ग्रस्त हैं

नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोग इस ऐप को बहत प्रभावी मान रहे हैं और इससे निजता के अतिक्रमण संबंधी कोई चिंता भी नहीं है लोगों के निजी आंकड़ों की निगरानी के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहें झूठी और बे ब्नियाद है